पीएम वेटनरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मथुरा से देश के सभी छह सौ सतासी जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रो में एक साथ राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं का उद्घाटन करेंगे जिसका विषय टीकाकरण और रोग नियंत्रण कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता है इसके अलावा प्रधानमंत्री मवेशियों की बीमारी मुंह पका खुर पका और ब्रसेला यानी माल्टा ज्वर के उन्मुलन के लिए राष्ट्रीय पश् चिकित्सा और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करेंगे

विशेष गाडी पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान और तर्पण के लिए गया जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हए पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल गुरूवार से हबीबगंज गया हबीबगंज के बीच स्पेशल ट्रेन चलायेगा

यह विशेष गाड़ी विदिशा गंजबासोदा बीना सागर दमोह कटनी मैहर सतना में रूकेगी मिलावटी खाद्य भिंड जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले के एक आरोपी ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया

न्यायालय ने आरोपी को तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है वहीं नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक स्थानीय पोस्त दाना व्यापारी के खिलाफ मिलावटी सामान बेचने के आरोपी के विरुद्व मुख्य खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है

एक अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि फ्रांस में एक औपचारिक समारोह में वह राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंपेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे

उस दिन दशहरा भी है और वायुसेना दिवस भी संभवतः इसीलिए राफेल को वायुसेना में शामिल करने के लिए इस दिन को चुना गया है

मौसम प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों से वर्षा का दौर जारी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर रीवा सागर होशंगाबाद शहडोल संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी है लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में उफान के चलते अब तक आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर है राजधानी भोपाल में भी बारिश जारी है

आगरमालवा जिले के ग्राम नरवल की आह नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया वहीं भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में कल स्कूल और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया है सागर जिले में भी भारी बारिश के कारण निचली बस्तियों में जगह जगह पानी भरा हुआ है कमलनाथ बाढ़ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन को निचली बस्तियों और डूब प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चौकसी के निर्देश दिए हैं अपने सिलसिलेवार ट्वीट में आज श्री कमलनाथ ने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत जितने भी जलभराव वाले क्षेत्र और डूब प्रभावित क्षेत्रों में विशेष चौकसी और पर्याप्त इंतजाम किये जायें उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी हुई है मोहर्रम देश के साथ प्रदेश में भी आज मुहर्रम धार्मिक परंपराओं के अनुसार मनाया जा रहा है यह दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिये करबला में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेशभर में ताजिए निकाले जा रहे हैं और मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है देवास बडवानी शाजापुर सतना आगर मालवा सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मोहर्रम के ताजिये निकाले जाने के समाचार मिले हैं

भोपाल नगर निगम का कहना है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी